आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहंच रहा है आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है प्रत्येक देशवासी जुड़ता है तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्प्रिट बन जाता है जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं जब भारत में बने टैंक भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं जब समुद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेस देखते हैं जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते हुए देखते हैं तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है आज मनाये जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चन्द्रशेखर वेंकट रामन द्वारा रामन प्रभाव की खोज के सिलसिले में मनाया जाता है श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए

आने वाले कुछ महीने आप सब के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स परिक्षाए होंगी आप सब को याद है ना वॉरियर बनना है वरियर नहीं हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है किसी और से नहीं अपने आप से ही स्पर्धा करनी है पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जो खेले वो खिले रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं यानी क्ल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है श्री मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं बरतने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि एहतियात में ढिलाई देने का वक्त अभी नहीं आया है कोरोना टीकाकरण कल एक मार्च से साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और अन्य रोगों से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी कोविड टीके लगाए जाएंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन लोगों के लिए टीकाकरण केन्द्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी टीकाकरण अभियान के दौरान निजी अस्पताल वैक्सीन के लिए प्रति डोज ढाई सौ रूपये ले सकेंगे दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा जबकि लगभग बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सुचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केन्द्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के अपने सभी उपक्रमों के स्वास्थ्य केन्द्रों और अपने सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग भी टीकाकरण के लिए कर सकेंगी इस बीच केन्द्र सरकार ने उन बीस लक्षणों की सूची भी जारी की है जिनसे ग्रस्त पैंतालीस से उनसठ वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी इनमें हृदय संबंधित बीमारियां गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण ल्यूकीमिया लिम्कोमा एड्स मधुमेह और हायपरटेंशन तथा श्वास संबंधी रोग शामिल हैं कोरोना कैबिनेट मुख्य सचिव देश के कई हिस्सों में कोविड संक्रमण में तेजी के बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कोविड मानकों में ढील नहीं देने और उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है इधर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों को अपने अपने जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं रायपुर में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए इसकी रोकथाम के प्रयास करना जरूरी है उन्होंने कोरोना जांच के लिए आरटी पीसीआर और ट्रू नॉट टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए अधिकतम तीस व्यक्तियों तक की कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की जाए और लक्षण दिखने पर उनका टेस्ट अवश्य कराया जाए और अन्य लोगों की निगरानी की जाए कोरोना मास्क जुर्माना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन द्वारा लगातार ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए जुर्माना भी लगाया जा रहा है इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में नगर पंचायत के अमले ने नगर के प्रवेश द्वार के समीप कैंप लगाकर बिना मास्क लगाये सफर कर रहे दोपहिया वाहन चालकों की जांच कर उन्हें समझाइश दी और छत्तीस लोगों पर सौ सौ रूपये का जुर्माना भी लगाया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे यह कार्यक्रम कल दोपहर ढाई बजे बिलासा देवी केंवट विमानतल बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री वर्चुअल रूप में शामिल होंगे गौरतलब है कि बिलासपुर से नई दिल्ली के बीच शुरू हो रही इस हवाई सेवा के तहत बहत्तर सीटर एयरक्राफ्ट की दो फ्लाईट सप्ताह में चार दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी यह विमान सेवा प्रयागराज और जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए कल सदन में अपरान्ह साढ़े बारह बजे यह बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री के बजट भाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी रायपुर से सीधा प्रसारण किया जाएगा इस बजट पर विधानसभा में दो और तीन मार्च को सामान्य चर्चा होगी वहीं चार से तेईस मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी बजट की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चौबीस मार्च को चर्चा होगी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह दिवस प्रतिवर्ष अट्ठाईस फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसी दिन भौतिकीविद् सीवी रमण ने रमण प्रभाव की खोज की घोषणा की थी जिसके लिए वर्ष उन्नीस सौ तीस में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव इधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कृ षि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्राम कोचवाही के गौठान में केंचुआ खाद के निर्माण में लगी महिला स्व सहायता समूहों और स्कूली बच्चों के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया मुख्यमंत्री लोक मडई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आयोजित लोक मड़ई और कृ षि मेले में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक मड़ई छत्तीसगढ़ की परपंरा है यह हमारे रहन सहन खान पान और जीवनशैली का प्रतीक है उन्होंने लोक मड़ई में बनाए राम वनगमन पथ की झांकी की सराहना की इस मौके पर उन्होंने लालबहादुर नगर के हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण की घोषणा की हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे कृषि विवि विक्रय केन्द्र क धि के क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी क धि धि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा दो नये विक्रय केन्द्र खोले गए हैं

इन केन्द्रों में क़ धि उद्यमिता विकास से जुड़े क़ षक उत्पादक संगठनों महिला स्व सहायता समूहों और क धि उद्यमियों को अपने उत्पादों के विक्रय के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा ये विक्रय केन्द्र ट्रायफेड और आर्या द्वारा संचालित किए जाएंगे

हादसा महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीन सौ तिरपन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौत हो गई वहीं तीन अन्य घायल हो गए हैं यह हादसा कल देर शाम लभराखुर्द गांव के पास उस वक्त हुआ जब अज्ञात वाहन ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर में भर्ती कराया गया है उधर कोंडागांव जिले के मर्दापाल में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से बारह लोग घायल हो गए हैं ये सभी लोग बीती रात बस्तर जिले के कोड़ेनार क्षेत्र से विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे तभी यह हादसा हो गया

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है

इनमें से एक माओवादी पर तीन लाख रूपये का इनाम घोषित था

वहीं मां और एक अन्य बालक गंभीर रूप से झुलस गए हैं

इस मामले में विश्रामपुरी पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है